मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बर्फबारी से बाधित सड़कों पर यातायात जल्द बहाल करने को कहा

प्रदेशभर में हर्षोल्लास से मनाया गया लोहड़ी का पर्व तत्तापानी में दो दिवसीय लोहड़ी मेला शुरू सड़क केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को शिमला बाईपास फोरलेन उच्च मार्ग के निर्माण के बारे में कदम उठाने के निर्देश दिए है लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जगदीश शर्मा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से भेंट की और प्रदेश में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने का आग्रह भी किया केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को निर्माण कार्यो में देरी का जल्द समाधान सुझाने का परामर्श दिया

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग को बर्फबारी से बाधित सड़कों पर यातायात जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को हिमपात प्रभावित क्षेत्रों में सड़क व संचार जैसी आवश्यक सेवाओं की जल्द बहाली को कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फबारी से अनेक स्थानों पर जलापूर्ति बाधित हुई है और बिजली आपूर्ति में भी बाधा आ रही है उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को ये सेवाएं जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं जयराम ठाकुर ने बर्फबारी के दौरान लोगों से सचेत रहने और सरकार व प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है

इसके अलावा प्रदेश के कई ऊपरी क्षेत्रों में भी आज सुबह से बर्फबारी हो रही है

भारी हिमपात के कारण लाहौल स्पीति में इंटरनेट सेवाएं ठप्प हैं और हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है

उधर किन्नौर ज़िले में भी भारी हिमपात से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पवारी से रिकांगपिओ की ओर बस सेवा ठप्प हो गई है और बिजली गुल रहने से ज़िले के अनेक गांव पिछले पांच दिन से अंधेरे में है

चंबा जिले की पांगी घाटी में करीब साढ़े तीन फुट बर्फ जम चुकी है और अनेक मरीज घाटी में फंसे हुए हैं भारी हिमपात के बाद जम्मू पांगी मार्ग पर थमनाला में ग्लेशियर आने से यातायात अवरूद्व हो गया है जिससे पांगी घाटी का एक बार फिर दुनिया के अन्य भागों से सम्पर्क कट गया है पांगी के एसडीएम विश्नुत भारती ने ग्लेशियर खिसकने की आशंका को देखते हुए लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से हल्का हिमपात हो रहा है राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में दोपहर बाद से लगातार वर्षा हो रही है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली में भी आज दोपहर बाद से हिमपात हो रहा है मौसम विभाग ने आज ऊपरी व मध्यम क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर भारी हिमपात और वर्षा की चेतावनी दी है

बरागटा मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने कहा है कि शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में सड़क यातायात व बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं बरागटा ने बताया कि जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के अधिकांश भागों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है

नई दिल्ली में आज हुए एक समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने ये पुरस्कार प्रदान किया निगम के उपमहापंबंधक सतीश ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से ये पुरस्कार प्राप्त किया लोहड़ी लोहड़ी का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया गया खासतौर पर प्रदेश के निचले जिलों कांगड़ा हमीरपुर उना बिलासपुर और मंडी में लोगों में लोहड़ी पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा गया इस दौरान लोगों ने पारम्परिक गीत गाकर लोहड़ी मांगी और शाम के समय अलाव जलाकर तिल की रेवड़ियां गच्चक और मूंगफली अग्निदेव को अर्पित की ये पर्व शरद ऋत् के समापन का प्रतीक भी है इस बीच कल मकर सक्रांति है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला व मंडी जिलों की सीमा पर स्थित ततापानी में पर्यटन महोत्सव में शिरकत करेंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी व मकर सक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं

उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पर्व लोगों के जीवन में खुशहाली व समृद्धि लाएगा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 उधर मंडी ज़िले में धर्मपुर क्षेत्र के सजजाओ पिपलू में दो दिवसीय लोहड़ी मेला आज शुरू हुआ

उन्होंने कहा कि ये मेला आपसी प्रेम व उल्लास का प्रतीक है और मेलों व त्यौहारों को परम्परागत ढंग से मनाना हम सभी की जिम्मेदारी है

गोबिंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने ऊना में परिवहन नगर बनाने के लिए अधिकारियों को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं आज ऊना में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि जनजागरूकता अभियान से सड़क हादसों में कमी आ रही है और इसे बड़े स्तर पर चलाया जाना चाहिए वन मंत्री ने जंगलों की आग रोकने के लिए रेंज स्तर पर योजना तैयार करने को भी कहा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस मौके मौजूद रहे

ये उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी

कड़ाके की ठण्ड के कारण इलाके में पेयजल योजनाओं के पाईप फट गए हैं और पानी की पाईपें जमने से जलापूर्ति नहीं हो रही है ऐसे में लोग बर्फ पिघलाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंता अरशद ने बताया कि बर्फबारी से विभाग की योजनाओं को भारी क्षति हुई है